राज्य में कोरोना संक्रमण के दो सौ अट्ठासी नए मामले मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार चार सौ छप्पन हुई भारतीय रेल विमाग ने अगले दस दिन के दौरान देश भर में दो हजार छह सौ और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कल नई दिल्ली में बताया कि श्रमिक विशेष रेलगाडियों के जरिये पहली मई से पैंतालीस लाख से ज्यादा लोग अपने पैतृक स्थानों पर पहुंचे हैं रेल विभाग ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों तीर्थयात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां शुरू की थीं श्री यादव ने बताया कि श्रमिक विशेष रेलगाडियां दो राज्यों की सहमति के बाद एक शहर से दूसरे शहर तक चलाई जा रही हैं रेल विभाग और राज्य सरकारों ने इन श्रमिक विशेष रेलगाडियों के सुचारू संचालन और समन्वय के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है रेल विभाग ने पिछले तेईस दिनों में दो हजार छह सौ विशेष रेलगाडियां चलाई हैं और लगभग छत्तीस लाख फंसे हुए मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया है श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के अलावा रेल मंत्रालय ने इस महीने की बारह तारीख से पन्द्रह जोड़ी नई विशेष रेलगाड़ियां शुरू की हैं और अगले महीने की पहली तारीख से दो सौ रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है रेल विभाग ने इस साल एक अप्रैल से बाईस मई तक सत्तानबे लाख टन से ज्यादा खाद्यान्न का परिवहन किया है श्री यादव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रेल विभाग ने लोगों को सैंतालीस लाख से ज्यादा मुफ्त भोजन के पैकेट वितरित किये हैं

लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लेकर अब तक एक हजार अट्ठारह श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां प्रदेश पहुंच चुकी हैं इनसे तेरह लाख पचास हजार से अधिक प्रवासी कामगारों को लाया गया है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में बताया कि सरकार की योजना एक हजार दो सौ उन्हत्तर रेलगाड़ियों के जरिए अट्ठारह लाख श्रमिकों को प्रदेश वापस लाने की है उन्होंने कहा कि एक सौ अठहत्तर रेलगाड़ियां रास्ते में है और जल्द ही प्रदेश पहुंचेंगी सबसे अधिक तीन सौ सत्तानबे ट्रेन गुजरात से आई हैं इसके बाद महाराष्ट्र से दो सौ तेरह और पंजाब से एक सौ इकहत्तर रेलगाड़ियां प्रदेश पहुंची हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के फैसले से देश में कोविड नाइन्टीन के फैलाव पर रोक लगाने में मदद मिली है कोविड नाइन्टीन से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए गठित अधिकारिता प्राप्त एक समूह के अध्यक्ष वी के पॉल ने बताया कि जब लॉकडाउन श्रू हुआ था तब कोविड नाइन्टीन के मरीजों के दोगुना होने की दर तीन दशमलव चार दिन थी और अब यह दर तेरह दशमलव तीन दिन हो गई है डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि लॉकडाउन तैयारी करने में काफी मददगार साबित हुआ उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के अस्सी प्रतिशत मामले मुख्य रूप से महाराष्ट्र तमिलनाड़ गुजरात दिल्ली और मध्यप्रदेश से जुड़े हैं उन्होंने बताया कि कोविड नाइन्टीन से संबंधित विशेष ढांचागत स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार की गईं और जांच की क्षमता बढ़ाई गई डॉक्टर पॉल ने कहा कि देश में ग्यारह करोड़ से अधिक लोग आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग कर रहे हैं और टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है प्रदेश में प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों को टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया है पंजाब मध्य प्रदेश हरियाणा और राजस्थान में टिड्डी दल के प्रकोप को देखते हुए राज्य प्रशासन ने किसानों को जागरूक करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं किसानों को सतर्क रहने और फसलों को बचाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने को कहा गया है किसानों से खेतों की मेड़ों पर खर पतवार साफ करने और खाली पड़े खेतों को जोतने को कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक इक्कीस लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक सुरक्षित प्रदेश में पहुंच चुके हैं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अन्य राज्यों से आ रहे प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को सुरक्षित उनके गृह जनपद पहुंचाया जाए मुख्यमंत्री कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों से ईद की नमाज अपने घर पर ही पढ़ने की अपील की है इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से समी धर्मग्रूओं से निरंतर संवाद बनाये रखने को कहा है अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को प्रदेश में रोजगार देने के लिए एक वेबसाइट तैयार की जा रही है वेबसाइट में श्रमिकों के कौशल के अनुसार उनके आंकड़े दर्ज किए जाएंगे आवश्यकता पड़ने पर औद्योगिक इकाइयों में उन्हें रोजगार मुहैया कराया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में लोक कल्याण हेतु रूद्राभिषेक किया उन्होंने कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की मुख्यमंत्री दो महीने के अंतराल के बाद गोरखपुर पहुंचे थे उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना से बचाव के उपायों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के बाद उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाए उन्होंने अधिकारियों से नए राशन कार्डों की प्रगति के बारे में जानकारी ली और अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देने के संबंध में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कुल इक्यावन हजार सात सौ चौरासी लोग स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने की दर इकतालीस दशमलव तीन नौ प्रतिशत हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार दो सौ पचास रोगी ठीक हुए हैं और कोरोना के छह हजार छः सौ चौवन नये मामले भी सामने आये हैं जिससे देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख पच्चीस हजार एक सौ एक हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में पिछले चौबीस घंटों में एक सौ सैंतीस मौत भी हुई हैं जिससे अब तक इस महामारी से मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या तीन हजार सात सौ बीस हो गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो सौ अट्ठासी नए मामले सामने आये हैं इसके बाद राज्य में कूल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या छः हजार सत्रह हो गई है प्रदेश में अब तक कोविड नाइन्टीन के तीन हजार चार सौ छः मरीज स्वस्थ हुए हैं और एक सौ पचपन लोगों की मृत्यु हुयी है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के संक्रिय मामलों की संख्या दो हजार चार सौ छप्पन है प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक बत्तीस मरीज जौनपुर जिले में मिले यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक सौ तेईस हो गई है रामपुर में पच्चीस मरीज मिलने के बाद जिले में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एक सौ छत्तीस पहंच गई है सुल्तानपुर में अट्ठारह नए रोगी मिलने के बाद जनपद में संक्रमितों की तादाद साठ हो गयी है गौतमबुद्व नगर में सत्रह नए मरीज मिले हैं जिसके बाद यहां संक्रमित व्यक्तियों की संख्या तीन सौ चौंतीस हो गई है जनपद में दो सौ बीस लोग अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और पांच लोगों की मृत्यु ह्यी है जिले में सक्रिय मामलों की संख्या निन्यानबे है मेरठ में कल कोरोना संक्रमण के सोलह नए मामले मिले जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या तीन सौ बासठ हो गई है दो सौ बीस लोग स्वस्थ हए हैं और इक्कीस की मृत्य हयी है जनपद में सक्रिय मामलों की संख्या एक सौ इक्कीस है वाराणसी में बारह नए मरीज मिलने के बाद संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एक सौ छत्तीस हो गई है छिहत्तर लोग स्वस्थ हुए हैं और चार की मृत्यु हुयी है जनपद में सक्रिय मामलों की संख्या छप्पन है गाजियाबाद में भी कल बारह मरीज मिले जिसके बाद संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दो सौ छब्बीस पहुंच गई है जिले में एक सौ चौंसठ लोग स्वस्थ हुए हैं और दो की मृत्यू हुयी है जनपद में सक्रिय मामलों की संख्या साठ है लखनऊ में ग्यारह मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर इकसठ हो गई है हरदोई में दस नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा तैंतीस पहंच गया है इसके अलावा पिछले चौबीस घटों के दौरान आगरा अमेठी बरेली गोरखपुर इटावा में नौ नौ मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि ह्यी है संतकबीर नगर देवरिया में आठ आठ मुरादाबाद अलीगढ़ बिजनौर में छः छः महराजगंज मिर्जापुर में पांच पांच कानपुरनगर संभल अयोध्या अम्बेडकर नगर में चार चार शाहजहांपुर पीलीभीत सिद्दार्थनगर में तीन तीन गाजीपुर प्रयागराज शामली कन्नौज फर्रूखाबाद चन्दौली में दो दो और महोबा कुशीनगर कानपुरदेहात मऊ हाथरस झांसी मुजफ्फरनगर रायबरेली तथा बुलन्दशहर में कोरोना संक्रमण का एक एक मामला सामने आया है